केन्द्रीय मंत्री श्रीमती बादल ने भारतीय उद्योग एवं व्यापार मंडल संघ फिक्की के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से एक बैठक में कहा कि मंत्रालय कार्यबल पहले से ही सभी राज्यों में उदयोगों की सहायता के लिए उनके साथ तालमेल कर रहा है उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता फसलों और फल सब्जियों के खराब होने की है बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने कई मुद्दे उठाये और इनमे मंत्रालय के दखल की मांग की केन्द्रीय मंत्री ने उद्योगपतियों की इस बात से सहमति प्रकट की कि कनटेनमेंट क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विस्तारपूर्वक दिशा निर्देशों की जरूरत है हरियाणा में केन्द्र द्वारा दूसरी तालाबंदी के दौरान कुछ शर्तो के साथ औद्योगिक इकाइयां खोलने के फैसले के बाद आर्थिक गतिविधियां श्रू हो गई है आकाशवाणी पंचकूला की संवाददाता ने ज़मीनी स्तर पर जानकारी लेने के लिए आज कृषि यंत्र बनाने वाले एक कारखाने का दौरा किया कृष्णा एग्रीकल्चर टूल नाम से इस कारखाने को चलाने वाले विशाल ने पंचकूला संवाददाता को बताया कि उनकी कंपनी कोल्ड व हॉट फॉगिग मशीन का उत्पादन कर रही है इस फॉगिंग मशीन का प्रयोग चिकन ग्निया व मलेरिया के बचाव के लिए छिड़काव हेतु किया जाता है

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में अनाज का उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में करते हये श्री तोमर ने ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र में विकास को हमेशा पहल दी है

उन्होंने कहा कि तालाबंदी के दौरान देश में कही भी अनाज दूध और सब्जियों की कमी नहीं आई

इसके लिए अब कोरोना के लिए नमूनों की जांच पंचकूला में ही हो सकेगी

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के ऐसी पांच प्रयोगशालायें खोलने का निर्णय लिया था जिसमें से पहली प्रयोगशाला पंचक्ला में ख्ली है उन्होंने बताया कि इस प्रयोगशाला में कोरोना के नम्नों की जांच के बाद केवल पांच घंटे मे ही रिपोर्ट आ जायेगी

उन्होंने कि कि हरियाणा में गत दिनों से दिल्ली के लोगों के सम्पर्क में आकर संक्रमित हो रहे लोगों की खबरों के बीच से सटी सभी सीमायें सील कर दी गई है उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने राज्य के लोगों का इलाज दिल्ली में ही करवाने की सलाह दी है श्री विज ने कहा कि कोरोना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति की मृत्यू के पश्चात उसके परिजन उसका दाह संस्कार किसी भी शमशान घाट में कर सकेंगे उन्होंने कहा कि अब कोविड मरीज़ों के शव का संस्कार करने के लिए कोई विशेष स्थान चिन्हित नहीं किया जायेगा उन्होंने कहा कि चंदप्रा गांव की घटना के बाद यह फैसला लिया गया है ग्रूग्राम के उपाय्क्त अमित खत्री ने कहा है कि फिलहाल ग्रूग्राम की दिल्ली के साथ लगती सीमा को सील करने की मंशा नहीं है उन्होंने कहा कि अभी प्लिस चौक्सी बरत रही है बेवजह सीमा से ग्जरने वालों को वापस उनके घर भेजा जा रहा है

संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रौद्योगिकी पैथोजन और कोरोना वायरस की प्रसार को रोकने के लिए कॉफी प्रभावी है

जाने माने अभिनेता इरफान खान का आज स्बह म्ंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है

आज दोपहर बरसोवा में उनको सप्र्दे खाक किया गया

उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया

अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर सहित कई जानी मानी हस्तियों ने उकने निधन पर श्रद्वांजलि भेंट की

उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने भी चर्चित फिल्म अभिनेता के निधन पर अफसोस जताया है एक टवीट में श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्र ने आज बेहतरीन कलाकार को खो दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इरफान खान के देहांत पर गहरा द्ख व्यक्त करते हये एक टवीट में कहा कि सिनेमा और रंगमंच की दुनिया को कभी न पूरी होने वाली क्षति हुई है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक टवीट कर इरफान खान के परिजनों दोस्तों और उनके प्रंशसकों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है करनाल प्लिस ने सुभाष गेट में स्थित एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज कर स्कूल को सील कर दिया है स्कूल तालाबंदी के नियमों का उल्लंघन कर खोला गया था शिक्षा विभाग की टीम जब स्कूल पह्ंची उस समय अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे

उपाय्क्त म्केश क्मार आहजा ने बताया कि दिन प्रतिदिन एप्प डाउनलोड करने वाले लोगों की संख्या में वृद्वि हो रही है